अमृत महोत्सव की इस यात्रा में एक एक कदम उठाते हए आज देश यहां तक पहंचा है हर किसी के योगदान को स्वीकार करके उसका स्वागत और सम्मान करके चलने से ही देश आगे बढ़ता है और उसी मंत्र को लेकर हम चलना चाहते हैं

उमा भारती ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखा है उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र साझा किया है अपने पत्र में ग्जरात और बिहार में शराबबंदी का उदाहरण देते हुए सुश्री भारती ने लिखा है कि इन दोनों प्रदेशो में लंबे समय से हमारी समर्थित सरकारें रही हैं दोनों राज्यों की तुलना कर हम नशाबंदीशराबबंदी को लेकर योजना बना सकते हैं शराबबंदी से होने वाले राजस्व की हानि के विकल्प के लिए एक कमेटी बनाई जाए मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने के बाद आज से प्रदेशभर में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं वहीं मुरैना में कल तेज आंधी चली इस दौरान कुछ क्षेत्रो में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई जिससे सरसों व गेहूं की फसल को न्कसान हुआ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर भोपाल इंदौर सहित निमाड़ अंचल में भी पड़ेगा

मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन पूरे वर्ष पौध रोपण का संकल्प लिया है

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार